कई राज्यों ने पूर्णबंदी को दो सप्ताह और बढाने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया नागरिकों के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध

प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जा रहा है पालन

कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन और दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तभी मजबूत रहेगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा श्री मोदी ने पूर्णबंदी तथा परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कोविड नाइन्टीन का प्रकोप घटाने में मदद मिली है लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है और सतर्कता जरूरी है उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों पर हमले और पूर्वोत्तर तथा कश्मीर के छात्रों के साथ ब्रे बर्ताव की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाने को कहा उन्होंने इसके लिए दक्षिण कोरिया और सिंगापुर में मिली सफलता का उल्लेख किया बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को कोविड नाइन्टीन के संक्रमण के प्रसार को रोकने और लोगों को दी जा रही स्वास्थ्य देखभाल और राहत के बारे में जानकारी दी

इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या सात हजार चार सौ सैंतालीस हो गई हैं इनमें से छः सौ बयालीस लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि दो सौ उन्तालीस लोगों की मौत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल दिल्ली में बताया कि भारत सरकार कोविड नाइन्टीन के प्रकोप को रोकने के लिए सक्रियता से काम कर रही है और इसके लिए चरणबद्व तरीका अपनाया गया है श्री अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन और नियंत्रण के उपाय कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए बेहद जरूरी हैं उन्होंने कहा कि अगर ये उपाय नहीं किए गए होते तो अब तक संक्रमण के मामले दो लाख तक पहंच गए होते उधर प्रदेश में कल सुबह तक कोविड नाइन्टीन के पन्द्रह नये मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चार सौ अड़तालीस हो गई है

अपर मुख्य सचिव गृह एवं सुचना अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रदेश के चिन्हित किए गए हाँटस्पॉट क्षेत्रों में दो हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को क्वारंटीन किया गया है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर चौदह हजार तीन सौ से ज्यादा मामले दर्ज किये गये हैं तथा पैंतालीस हजार से अधिक लोगों को नामजद किया गया है साथ ही पैंतीस हजार पांच सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में फेक न्यूज के कृल पैंतीस मामले सामने आये जिन पर साइबर सेल द्वारा कार्रवाई की जा रही है चार सौ तिरसठ लोगों के खिलाफ जमाखोरी और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की गई प्रदेश में अब तक लगभग बीस हजार वाहनों को लॉकडाउन उल्लंघन करने के दौरान सीज किया गया

उन्होंने सभी मंडलायक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिये दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि संस्थाएं अपने क्षेत्र के निकटतम कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करें श्री अवस्थी ने कहा कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिये उन्होंने कहा कि संस्थाओं की मॉनिटरिंग प्रतिदिन जनपद के कंट्रोल रूम द्वारा थाना स्तर पर की जाये

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लगभग सात करोड़ किसानों के खातों में करीब चौदह हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं उन्नीस करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री जन धन खातों में दस हजार करोड़ रुपये की राशि डाली गई है इसके अलावा भवन निर्माण और अन्य निर्माण गतिविधियों में लगे दो करोड़ श्रमिकों के खातों के लिए तीन हजार करोड़ रुपये जारी किए गए दिव्यांगों वरिष्ठ नागरिकों और उम्रदराज विधवा महिलाओं के खातों में चौदह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डाली गई है

नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी चिंता की कोई बात नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें निराधार हैं सिंगापुर अमरीका ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश तथा ऐप्पल और गूगल जैसी कंपनी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रही हैं

जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के छह मामलों की पृष्टि हई है मंडलायक्त आर रमेश क्मार ने कल पत्रकारों से वार्ता में कहा कि नरसिंहगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है और तीन किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है उन्होंने लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने घरों में रहने धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा न होने और मास्क या गमछा बांधकर ही सार्वजनिक स्थलों पर जाने को कहा है जौनप्र के जिलाधिकारी दिनेश क्मार सिंह ने मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ज्काम खांसी और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों का नाम पता और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर में दर्ज करें और इसकी सूची प्रतिदिन शाम को औषधि निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करें उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश का पालन न करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कल इसका उदघाटन करते हए कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले हर व्यक्ति को सैनेटाइजेशन टनल से गुजरना होगा उन्होंने कहा कि इससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी वाराणसी के प्रसिद्व संकटमोचन संगीत समारोह का सत्तानबेवां आयोजन आज से श्रू होगा लॉकडाउन के कारण इस बार यह आयोजन डिजिटल स्वरूप में किया जा रहा है सभी प्रस्तुतियों का फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया जाएगा संकटमोचन मंदिर के महंत विश्वम्भरनाथ मिश्र ने बताया कि समी कलाकार अपने अपने शहरों से संकटमोचन संगीत समारोह के फेसबुक पेज से जुड़कर अपनी प्रस्तुति देंगे प्रस्तुतियां शाम साढ़े सात बजे से शुरू होंगी सत्रह अप्रैल तक चलने वाले इस आयोजन में आज आठ कलाकार अपनी प्रस्तृति देंगे देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है लोगों से सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को कहा गया है साथ ही हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं